न्यायमूर्ति एपी शाही को मद्रास उच्च न्यायालय का चीफ जस्टिस बनाया गया

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने कहा है कि बिहार में एनडीए पूरी तरह एकजुट है और अगला विधानसभा चुनाव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जायेगा एक साक्षात्कार में श्री शाह ने कहा कि दो हजार बीस के विधान सभा चुनाव में नीतीश कुमार एनडीए के सर्वमान्य चेहरा होंगे

दोनों पार्टियां साथ में चुनाव में जायेगी और हम नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे स्पष्ट है जहां तक बिहार का सवाल है राष्ट्रीय स्तर पर एनडीए मोदी जी के नेतृत्व में राजीनतिक के क्षेत्र में काम करेगा गठबंधन होता है तो छोटी बहुत नीचे के स्तर अनबन होती है ओ होनी ही चाहिये वहीं स्वस्थ्य गठबंधन के लक्षण हैं

हम अच्छे से चुनाव लड़ेंगे एक साथ होकर इक्कीस अक्टूबर को विधानसभा की पांच और समस्तीपुर लोकसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर चुनाव प्रचार तेज हो गया है विभिन्न दलों के नेता अपने अपने गठबंधन और पार्टी प्रत्याशियों की जीत के लिए चुनावी सभाएं और रोड शो कर रहे हैं जदयू अध्यक्ष सह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज सिवान की दरौंदा सीट से एनडीए के प्रत्याशी अजय सिंह के पक्ष में चूनाव प्रचार किया श्री कुमार ने समस्तीपुर के शिवाजी नगर में लोजपा प्रत्याशी प्रिंस राज के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि एनडीए सरकार विकास के लिये कृतसंकल्प है उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश चौतरफा तरक्की कर रहा है इस दौरान लोजपा अध्यक्ष और केन्द्रीय मंत्री रामविलास पासवान तथा भाजपा के वरिष्ठ नेता सह उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने भी लोजपा प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने की अपील की इधर कांग्रेस के बिहार प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा और राजद विधायक अख्तरूल इस्लाम शाहीन ने समस्तीपुर में विभिन्न स्थानों पर कांग्रेस प्रत्याशी अशोक कुमार के पक्ष में रोड शो निकाला नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बांका के झाना मैदान और सिमरी बख्तियारपुर के सलखुआ में राजद प्रत्याशी के लिये वोट की अपील की राज्य में एक लोकसभा और पांच विधानसभा क्षेत्रों में होनेवाले उपच्रनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष रुप में संपन्न कराने के लिए अर्धसैनिक बलों की पांच कंपनियां लगायी जायेगी इसके लिये सीआरपीएफ की दो और एसएसबी की तीन कंपनियां बिहार पंहुच गई हैं शांतिपूर्ण मतदान के लिए इन्हे बूथों पर तैनात किया जायेगा इसके अलावा बड़ी संख्या में बीएमपी और जिला पुलिस बल के जवान भी तैनात किए जाएंगे इक्कीस अक्टूबर को राज्य में उपचुनाव को लेकर मतदान होना है भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने व्यास सिंह और शारदानंद द्विवेदी को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से छह साल के लिए निष्काषित कर दिया है इन दोनों नेताओं पर आगामी विधानसभा उपचुनाव में एनडीए गठबंधन के उम्मीदवारों के खिलाफ कार्य करने का आरोप है व्यास सिंह सिवान जिला के पार्टी के उपाध्यक्ष थे और बगावत कर दरौंदा से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं न्यायमूर्ति संजय करोल को पटना उच्च न्यायालय का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है जबकि निवर्तमान मूख्य न्यायाधीश एपी शाही मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे वहीं पटना उच्च न्यायालय के जज न्यायमूर्ति राकेश कुमार का तबादला आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय कर दिया गया है निगरानी जांच ब्यूरो की टीम ने जमुई जिले के खैरा अंचल के सर्किल इंस्पेक्टर नजीब अख्तर को दस हजार रूपये घूस लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है सर्किल इंस्पेक्टर एक व्यक्ति के जमीन के दाखिल खारिज के एवज में रिश्वत ले रहा था गिरफ्तारी के बाद निगरानी जांच ब्यूरो द्वारा आरोपी को भागलपुर स्थित विशेष न्यायालय के समक्ष पेश किया जायेगा आयकर विभाग ने जमीन खरीद फरोख्त के लिए चेक से भूगतान अनिवार्य कर दिया है विभाग ने कहा है कि अब जमीन की रजिस्ट्री में पैसे का भूगतान चेक से करना होगा वहीं इसके लिए आधार कार्ड और पैन नंबर भी जरूरी होगा विभाग के निर्देशों के अनुसार बीस हजार या उससे ऊपर की जमीन की बिक्री के लिए चेक से भूगतान लेना होगा अगर खरीदार ने चेक से भूगतान नहीं किया तो जमीन बेचने वाले को ही आयकर टैक्स भरना होगा आयकर विभाग के नये नियम के तहत अगर नकद भूगतान पर रजिस्ट्री कर भी दी गई तो आयकर मामले की जांच करेगा और नकद भुगतान राशि पर टैक्स देना होगा राजधानी पटना और आसपास के इलाकों में डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है केवल पटना में ही डेंगू पीड़ितों की संख्या दो हजार से अधिक हो गयी है आज भी पीएमसीएच में डेंगू के लक्षण वाले कई मरीजों को भर्ती कराया गया

खबर है कि मुख्यमंत्री के जनसंपर्क अधिकारी बीके शुक्ला और मुख्यमंत्री के निजी सचिव दिनेश राय भी डेंगू से पीड़ित हैं स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू के बढ़ते प्रकोप के मद्देनजर लोगों से सतर्कता बरतने को कहा है इधर विभाग ने पटना में डेंगू से किसी भी मौत की खबर का खंडन किया है स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने कहा कि जांच में पाया गया कि चार लोगों की मौत अन्य कारणों से हुई है कैमूर जिले के दुर्गावती थाना क्षेत्र अंतर्गत कर्णपुरा गांव के चौहत्तर किसानों के नाम पर सहकारिता बैंक में किसान क्रेडिट कार्ड खाता खुलवा कर उनके खाते से रुपये निकाल लेने के मामले में उच्चस्तरीय जांच का आदेश दे दिया गया है जिलाधिकारी नवल किशोर चौधरी ने बताया कि मामले में स्थानीय किसानों से कई शिकायते मिलने के बाद उच्च स्तरीय जांच का आदेश दिया गया है गौरतलब है कि किसानों को कर्ज वसूली के लिए नोटिस किये जाने के बाद जिले के दुर्गावती में एक को आपरेटिव बैंक में किसानों के नाम पर बैंककर्मियों और अवांछनीय तत्वों के बीच सांठ गांठ से करोड़ों रुपये का घोटाला का खुलासा हुआ है बेगूसराय जिले के सिंघौल थाना क्षेत्र में इंटरमीडिएट के छात्र की चर्चित हत्या के मामले में पुलिस ने तीन अपराधियों को गिरफ्तार किया है अपराधियों के पास से एक देशी पिस्तौल चार कारतूस और पांच मोबाइल फोन बरामद किया गया है पुलिस ने बताया कि इस महीने की आठ तारीख को इंटर के छात्र प्रिंस कुमार उर्फ लालू की हत्या कर दी गयी थी छानबीन में हत्या के पीछे प्रेम प्रसंग का मामला सामने आया है भागलपूर जिले के परबत्ता थाना क्षेत्र में अपराधियों ने कांग्रेस नेता और जिला परिषद सदस्य के भाई सोनू राय की गोली मारकर हत्या कर दी नवगछिया की पुलिस अधीक्षक निधि रानी ने बताया कि दो मोटरसाइकिलों पर सवार चार अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया और फरार हो गये पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस सिलसिले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर उससे प्रछताछ की जा रही है वैशाली जिले के महनार थाना क्षेत्र अंतर्गत हरजम्मा गांव में पुलिस ने छापेमारी कर कुख्यात अपराधी जितेन्द्र पोददार उर्फ जीतू को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया बोधगया के एक होटल में लड़कियों के साथ दुष्कर्म और मारपीट के मामले में फरार आरोपितों की गिरफ्तारी के लिये पुलिस छापेमारी कर रही है वरीय पुलिस अधीक्षक राजीव मिश्रा ने कहा कि आवश्यक हुआ तो अभियुक्तों के खिलाफ अदालत से कुर्की जब्ती का आदेश भी प्राप्त किया जायेगा मुंगेर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर रंजीत कुमार वर्मा को रसायन शास्त्र के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिये फेलो ऑफ इंडियन साइंस कांग्रेस की उपाधि से सम्मानित किया गया है

न्यायमूर्ति एपी शाही को मद्रास उच्च न्यायालय का चीफ जस्टिस बनाया गया